मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आदिवासी तथा सीमावर्ती जिलों में अच्छा मतदान हुआ

गुरूवार तक नाम वापस लिये जा सकेंगे शुक्रवार को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा तथा प्रत्याशियों की सूचियां जारी की जायेंगी

इसके अनुसार कोविड पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की सुची बनाए जाएगी

इसके अलावा कन्टेनमेंट जोन में संक्रमण पर काबू पाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिबंध लगाये गये है कन्टेमेंट जोन में अब केवल आवश्यक गतिविधियां ही संचालित हो सकेंगी

वहीं राज्य के पांच और जिलों नागौर पाली टोंक सीकर और श्रीगंगानगर में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक का रात्रिकालीन कफर्यू लगाया गया है आठ जिलों में पहले से ही रात्रिकालीन कफर्यू जारी है

पिछले कई महीनों से जयपुर तथा जोधपुर संकमण के मामले में संवेदनशील स्थान बने हुए है

उधर झुंझुनू में एसडीएम शैलेश खैरवा ने शहर के विभिन्न मैरिज गार्डन्स का औचक निरीक्षण किया

बाद में किसानों के प्रतिनिधियों और उच्चस्तरीय मंत्रालय समिति के बीच नई दिल्ली में बैठक शुरू हुई कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश किसान प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं

उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी वाईके शर्मा ने बताया कि यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले रेल सेवाओं की समय सारणी के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि एचआईवी संकमण के बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी एड्स बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने को कहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर बल के सभी कार्मिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट में बल के जवानों को उनकी सेवाओं और कर्तव्य निष्ठा के लिए नमन किया है

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मेजर शैतान सिंह को श्रद्वांजलि दी

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा और तापमान में विशेष कमी के आसार नहीं है

फिलहाल आरोपित ठग से प्रछताछ की जा रही है